मौसम विभाग ने आज अलवर भरतपुर दौसा जयपुर सीकर और झुंझुनू जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की दी चेतावनी

उन्होंने कहा कि हमें इन आयोजनों के माध्यम से देश की आजादी के आंदोलन महापुरूषों के विचारों और हमारे संविधान के मूल्यों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए इस अवसर पर श्री गहलोत ने विभाग के अधिकारियों को महात्मा गांधी की जीवनी पर आधारित लाइट एण्ड साउण्ड शो तैयार कराने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि इस शो को उन जगहों के आस पास प्रदर्शित किया जाए जहां बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं जयपुर में स्थापित होने वाले महात्मा गांधी म्यूजियम पर भी बैठक में विस्तृत चर्चा हुई

इन आयोजनों की थीम महात्मा गांधी का शांति और अहिंसा का संदेश होगा

स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोडा द्वारा जारी आदेश के अनुसार जयपुरिया अस्पताल में भर्ती स्त्री और प्रसूति रोग के मरीज आज सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में और अन्य बीमारियों के मरीज सवाईमानसिंह अस्पताल में स्थानान्तरित किये जायेंगे

इन दरों के अनुसार ही सभी निजी अस्पतालों को कोविड संक्रमितों का इलाज करना होगा

इसके लिए चिकित्सा विभाग ने ऑटोमेटिक सिस्टम विकसित किया है विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा ने कल इस संबंध में एक परिपत्र जारी कर कोरोना जांच के सेम्पल की रिपोर्ट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हैल्थ डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन आरटीपीसीआर पर अपलोड करने के निर्देश जारी किये है लोग राज कोविड इंफो मोबाइल एप के जरिए भी कोरोना की जांच रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं

परिषद ने विभिन्न देशों या भारत के विभिन्न राज्यों की यात्रा करने वाले व्यक्तियों की मांग पर जांच करने की सलाह दी है ताकि प्रवेश बिंद् पर नेगेटिव कोविड परीक्षण अनिवार्य बनाया जा सके इसमें कहा गया है कि राज्य सरकारें मांग पर परीक्षण की सुविधा प्रदान करने के तौर तरीकों को सरल बना सकती है परामर्श में कहा गया है कि राज्यों के स्वास्थ्य विभाग आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन कर सकते है परिषद ने यह भी सुझाव दिया है कि कोविड निषिद्व क्षेत्रों में शत प्रतिशत लोगों के रेपिड एंटीजन परीक्षण किए जाने चाहिए

यह दिन शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा राज्यमंत्री संजय धोत्रे भी मौजूद रहेंगे कार्यक्रम में बाड़मेर की अध्यापिका गीता कुमारी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा गीता कुमारी एक प्रेरणादायक शिक्षिका हैं बाड़मेर में एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना और विकास के लिए उनकी कड़ी मेहनत और गहरी प्रतिबद्धता उत्साह और साहस को प्रदर्शित करता है

राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा बताये गये मार्ग पर चलकर शिक्षकों को एक आदर्श शिक्षक की भांति कार्य करना चाहिए उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और वह बच्चे की सोच का निर्माता होता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता हैं विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर उन्हें योग्य नागरिक बनाने में और समाज को नई दिशा देने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है

इससे पहले कल राज्य में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हई

इसके अलावा भरतपुर में भी जोरदार बारिश हुई इससे शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया